नमस्कार प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रपिता की समाधि पर पष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया

संयुक्त राष्ट्र गांधी जयंती को अंतराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मना रहा है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि बापू के सपनों को साकार करने का यह महान अवसर है संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने भी राजघाट जाकर गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की

नई दिल्ली में चार दिन के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा विश्व को स्वच्छ बनाने के लिए फोर पी आवश्यक है और ये चार पी का हमारा मंत्र है पोलिटिकल लीडरशिप पब्लिक फंडिंग पार्टनरशिप पीपुल्स पार्टिसिपेशन दिल्ली डेक्लरेशन के माध्यम से आप लोगों ने सर्वव्यापी स्वच्छता में इन चार महत्वपूर्ण मंत्रों को मान्यता दी है इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से लोगों के व्यवहार में बदलाव आया है स्वच्छ भारत अभियान के भारत के लोगों का मिजाज बदल दिया किस तरह से भारत के गांवों में बीमारियां कम हुई हैए ईलाज पर होने वाला खर्च कम हुआ है और जब ऐसी खबर मिलती हैए तो कितना संतोष भिलता है करोड़ो भारतवासियों ने इस आंदोलन को आशा और परिवर्तन का प्रतीक बना दिया खच्छ भारत अभियान आज दुनिया का सबसे बड़ा डोमिनोज इफैक्ट सिद्व हो रहा है

पांच लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं

श्री मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शास्त्री जी सौम्य व्यक्तित्व कुशल नेतृत्व और साहस के प्रतीक थे

उन्होंने सैनिकों और किसानों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने लखनऊ में शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे धरती के लाल थे और सरल जीवन तथा ऊंची सोच में विश्वास रखते थे लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक निवास वाराणसी के रामनगर में उनकी जयंती पर प्रभात फेरियां और भजन संध्या सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

इस अवसर पर राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हजरतगंज स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा फर माल्यार्पण किया राज्यपाल ने कहा कि गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं

वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गांधी जी के विचारों से पूरी दुनिया में शांति और सद्भाव का मार्ग प्रशस्त हुआ है सत्य और अहिंसा के माध्यम से उनके नतृत्व में चला भारतीय स्वाधीनता आंदोलन विश्व के इतिहास में विलक्षण है मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी के जीवन का प्रत्येक क्षण देश और मानव सेवा में व्यतीत हुआ इसके बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी आश्रम में चरखा कातकर राष्ट्रपिता को याद किया मुख्यमंत्री ने कहा कि चरखे खादी और स्वदेशी के माध्यम से गांधीजी ने स्वावलंबन आर श्रम की गरिमा को स्थापित किया

इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट शिल्पकारों को अंग वस्त्र और टूल किट वितरित किये स्वच्छ भारत अभियान में अनुकरणीय योगदान करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के पछत्तर व्यक्तियों को एवं पन्द्रह स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समितियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया कार्यक्रम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को गोल्ड कार्ड प्रदान किये गये कार्यक्रम में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा तीस लाभार्थियों को खादी से सम्बन्धित सोलर चर्खे वितरित किये गये तथा खेल विभाग द्वारा एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के बासठ पदक विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया

श्री नाईक ने कहा कि महात्मा गांधी भारत क लिए वरदान थे जिन्होंने विश्व को दिखाया कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से कैसे आजादी प्राप्त की जा सकती है उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सरलता और सादगी की प्रतिमूर्ति बताया इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर केन्द्र और राज्य सरकार दो वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि बापू की स्वदेशी योजना को आगे बढ़ाने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना एक महत्वपूर्ण कड़ी है